भारत में कोविड वैक्सीन के वितरण की तैयारियां युद्वस्तर पर जारी टीके के परिवहन और भण्डारण के लिये की जा रही है विशेष व्यवस्था

मौसम में बदलाव से प्रदेश में सर्दी के साथ ठिदुरन बढी मावठ और ओलावृष्टि के साथ कोहरे से जनजीवन प्रभावित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

मास्क पहनें दो गज़ की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ रखें

इनमें सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की को वैक्सीन शामिल है भारतीय औषध महानियंत्रक डॉ वीजी सोमानी ने बताया कि विशेषज्ञ समिति की सिफारिश को मंजूर कर लिया गया है

एक साथ दो वैक्सीन को मंजूरी देने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है ये टीके दो चरणों में लगाए जाएंगे

इसके साथ ही कैडिला हैल्थ केयर लिमिटेड की वैक्सीन के तीसरे चरण के परीक्षण को भी अनुमति मिल गई है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारतीय सीरम संस्थान और भारत बॉयोटेक की वैक्सीन को मंजूरी मिलने से देश को तेजी से कोरोना मुक्त बनाने में मदद भिलेगी ट्वीट संदेश में उन्होंने देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि कोरोना के विरूद्व संघर्ष में यह एक निर्णायक मोड है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बनी दो वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है उन्होंने कहा कि इससे आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने में हमारे वैज्ञानिकों के योगदान का पता चलता है श्री मोदी ने सभी वैज्ञानिकों चिकित्साकर्भियों और कोरोना योद्वाओं के प्रति कृतज्ञता जताते हुये कहा है कि यह समय देश को कोरोना से मुक्त करने की दिशा में इन लोगों के योगदान को याद करने का है सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी अपने ट्वीट संदेश में कहा कि ये भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है

उन्होंने कहा कि इससे सम्बन्धित सूचनाए स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर राजस्थान सरकार की तैयारी पूरी है एक ट्वीट में उन्होने ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की मंजूरी को सुखद खबर बताते हुये उम्मीद जताई कि प्रोटोकॉल्स के हिसाब से जल्द ही राजस्थान में भी वैक्सीनेशन शुरू कर पाएंगे इधर स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने भी आशा जताई कि प्रदेश के नागरिकों को भी जल्द ही कोरोना वैक्सीन उपलब्ध हो जायेगी

राज्यों केंद्रशासित प्रदेशों और अन्य संबद्ध पक्षों के साथ मिलकर वैक्सीन के वितरण की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है

मंत्रालय को विन सॉफ्टवेयर का विकास भी कर रहा है जो वैक्सीन के स्टॉक भंडारण तापमान और टीके के लाभार्थियों की पहचान के बारे में वास्तविक समय पर जानकारी प्रदान करेगा देश भर में कोविड वैक्सीन का अंतिम छोर तक वितरण सुनिश्चित करने के लिए तापमान नियंत्रित वातावरण की व्यवस्था की गई है कोविड टीकाकरण अभियान शुरू करने के लिए सीरिंज और अन्य साजो सामान की पर्याप्त आपूर्ति भी सुनिश्चित की गई है

इसी के तहत आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है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

इस बैठक में सरकार ने किसानों को आश्वस्त किया था कि उनकी समस्याओं के समाधान के लिये केन्द्र सरकार प्रतिबद्ध है कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि चार में से दो मुददों पर सहमति बनी है कृषि मंत्री ने यह बात फिर दोहराई कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी उन्होंने किसान संगठनों से उनका प्रस्ताव आगे लाने को कहा है जिससे सरकार अध्ययन कर इसपर चर्चा कर सके किसान आंदोलन को लेकर प्रदेश कांग्रेस की ओर से आज जयपुर में प्रदर्शन किया गया इसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष गोविन्द सिंह डोटासरा संहित वरिष्ठ नेता शामिल हुये मुख्यमंत्री ने शाहजहॉपुर बोर्डर पर धरना दे रहे किसानों के आंदोलन से ऊपजी स्थिति पर चर्चा के लिये आज विधायकों की बैठक बुलाई है

स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस अभियान के तहत विभिन्न खाद्य सामग्रियों के नमूने लिये जायेंगे

उन्होने बताया कि अभियान के प्रभावी कियान्वयन के लिये सभी जिलों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को विशेष निर्देश दिये गये हैं

झालावाड़ कोटा बारा बीकानेर और जोधपुर जिलों में पक्षियों की मौत का कारण एवियन इन्फ्लूएन्जा को माना जा रहा है पशुपालन विभाग ने वायरस का प्रसार पॉल्ट्री क्षेत्र में रोकने के लिये प्रभावी कदम उठाने शुरू कर दिये हैं

प्रदेश में दौसा जिले की छारेड़ा ग्राम पंचायत बुनियादी सुविधाओं में आत्मनिर्भर बनकर देश की पहली मॉडल पंचायत बनने जा रही है

सरपंच पूजा मीणा ने बताया कि गांव के निवासियों का जीवन स्तर बेहतर बनाने और पंचायत की आमदनी बढाने के लिये कई नवाचार किये हैं

मौसम में बदलाव से आज पूर्वी और दक्षिणी भागों में कई जगह मावठ और ओलावृष्टि के समाचार हैं अलवर के लक्ष्मणगढ़ में आज सुबह बारिश के साथ ओले गिरने से खेत में खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा है

इधर सुबह के समय कोहरा छाये रहने से राजमार्गो पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड रहा है मौंसम विभाग के अनुसार आने वाले दो तीन दिनों में जयपुर सहित पूर्वी जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना जताई है विभाग द्वारा जारी मौसम बुलेटिन के अनुसार माउन्ट आबू में आज भी पारा जमाव बिन्द पर दर्ज किया गया